प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस रेडियो कार्यक्रम की उन्चासवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ कल शाम मन की बात कार्यक्रम पर एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे शाम सात बजकर तीस मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता से विकास को नया आयाम मिलेगा श्री नाईक आज लखनऊ में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और अवोक इंडिया फाउण्डेशन द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता संगोष्ठी में उदघाटन भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी के इस्तेमाल से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है इससे जहां एक तरफ बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी श्री नाईक ने ज़ोर देकर कहा कि युवाओं का इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है और इसे किस तरह व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है संगोष्ठी में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और अवोक इंडिया फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रवीण क्मार द्विवेदी ने भी विचार व्यक्त किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायू में पटाखा विस्फोट की घटना में लोगों की मात पर दुःख व्यक्त किया है श्री योगी ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनज़र ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पटाखों को बनाने उनकी परिवहन और बिक्री व्यवस्था के सिलसिले में निरीक्षण करने का आदेश दिया है श्री योगी ने अधिकारियों से कहा है कि दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखों के बारे में विशेष सतर्कता बरती जाये तथा हादसे से बचने के लिए सुरक्षा के पयाप्त बंदोबस्त सुनिश्चित किये जाये उधर बदायूं में पटाखा विस्फोट की घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने आज आतिशबाजो की दुकानों और गोदामों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखें और क्षमता से ज्यादा आतिशबाजो का सामान रखने वाले तीन गोदामों को सील कर दिया है कल बदायूं के रसूलपुर गांव में आतिशबाज़ी की द्कान में धमाका होने से आठ लोगों की मौत हो गई थो और तीन लोग घायल हो गये थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी अस्सी सीटों पर विजय पताका लहरायेगी श्री मौर्य आज मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है ताकि प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हो सके श्री मौर्य ने कहा कि आम नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दो सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मार्ग तथा तीन सौ दो करोड़ रूपये की अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के सम्मान का ख्याल रखा इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को अंगवस्त्रम् और तामपत्र देकर सम्मानित किया इसके अलावा उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मान से नवाजा कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना स्थानीय विधायक वीर विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे

मुजफ्फरनगर जिले में दा अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये सूत्रों के मुताबिक कल देर रात दिल्ली देहरादून राजमार्ग स्थित मंसूरपुर गांव के करीब एक तेज रफ़्तार वाहन ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गये एक अन्य हादसे में ज़िले के तेतावी गांव के करीब एक तेज रफ़्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था

हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट कमिटी ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढ़ाई फीसदी करने का सुझाव दिया है एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा स्कीम को कृषि कार्यो से जोड़ने की सिफारिश की गई है क्योंकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था कमिटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यो में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी ने भारतोय राजनीति में एक नये वैचारिक ध्र्व का निर्माण किया है आज नई दिल्ली में प्रथम अटल बिहारी स्मारक व्याख्यान में श्री जेटली ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि जो लोग वंशवादी राजनीति में विश्वास करते हैं उनकी कभी भी जीवंत लोकतंत्र में आस्था नहीं रही केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश जारी करते हुए पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा